मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिये मध्यप्रदेश को सबसे बेहतर बताया

वैक्सीन प्रगति समीक्षा पीएम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोरोना वैक्सीन की प्रगति की समीक्षा के लिए कल तीन शहरों का दौरा करेंगे श्री मोदी अहमदाबाद में दवा कंपनियों जायडस बायोटेक पार्क और भारत बायोटेक तथा पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे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

भोपाल के पटेल नगर में रहने वाले एक टीचर को पहली वैक्सीन लगाई गई

हर वॉलेंटियर की हर हफ्ते स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी राज्य को कुल एक हजार डोज मिले हैं

इस संबंध में विधानसभा सचिवालय द्वारा आज अधिसूचना जारी की गई

साथ ही विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी इस दौरान सम्पन्न कराया जाएगा उल्लेखनीय है कि यह मध्यप्रदेश की पंद्रहवीं विधानसभा का आठवां सत्र होगा किसान आंदोलन दिल्ली में दो दिवसीय किसान आंदोलन के कारण आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों को रोक दिया गया है इस कारण कई स्थानों पर जाम लग गया है मुरैना ग्वालियर तथा मुरैना धौलपुर राजस्थान की सीमा पर भारी भार वाहन रोक दिये गये हैं राजस्थान उत्तरप्रदेश में जगह मिलने पर इन वाहनों को रूक रूककर निकालने के प्रयास किये जा रहे हैं वहीं आवागमन बंद होने से ट्रान्सपोर्टस परेशान हैं इस बीच राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस सहित दूसरे दलों पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है श्री पटेल ने कहा कि विरोध करने वालों को पहले कानून को पढ़ना चाहिए

बड़वानी जिले के राजपूर विकासखंड के ग्राम उची में आयोजित जन जातीय गौरव सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की

श्री चौहान ने जबलपुर में रघुनाथ और शंकरशाह का भव्य स्मारक बनाए जाने का भी ऐलान किया

नवकरणीय ऊर्जा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा

इसे लगातार बढ़ाया जाएगा श्री चौहान आज वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से तीसरे वैश्विक नवकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन के सत्र को संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस क्षेत्र में निवेशकों को प्रदेश आने का आमंत्रण देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में आदर्श प्रदेश है

प्रधानमंत्री मोदी ने कल इस तीन दिवसीय सम्मेलन को संबोधित किया था सम्मेलन में आज मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और लद्दाख के उप राज्यपाल राधाकृष्ण माथुर ने भी हिस्सा लिया उच्च न्यायालय राहत धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जबलपुर उच्च न्यायालय से राहत मिल गई है

मौसम निवार तूफान के कमजोर हो जाने के बाद सर्द हवाओं ने जोर पकड़ लिया है इसके चलते राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है

प्रदेश में पचमढ़ी और नौगांव सबसे ठंडे रहे

जबकि भोपाल में रात के पारे में एक डिग्री की गिरावट दर्ज की गई

मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटों में तापमान में कुछ और गिरावट हो सकती है विभाग का कहना है कि अब बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है उससे मौसम में फिर बदलाव आएगा

शहडोल जिले में मलेरिया के मरीजों में कमी आई है